मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेशों के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की इंक्यानवीं कड़ी होगी आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी यह उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी की वेबसाईट पर भी इसे सुना जा सकता है कार्यक्रम के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा

बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के लिए दंड कड़ा करने के उद्देश्य से बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम में संशोधन की मंजूरी दे दी है

श्री प्रसाद ने कहा कि बाल यौन अपराध की प्रवृति को रोकने के उद्देश्य से एक निवारक के रूप में कार्य करने के लिए इस अधिनियम की धाराओं में संशोधन करने का प्रस्ताव है बच्चों को सेक्सुअल हमले से बचाया जाए

दंड की अवधि को बढाया है

जो बच्चों के साथ बाकि जो अननेचुरल ऑफेसेंस होते हैं उसको भी काफी मजबूत किया गया है भूपेश बघेल प्रधानमंत्री पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर प्रदेश में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाने संविधान के अनुच्छेद एक सौ चौंसठ एक क में संशोधन की मांग की है श्री बघेल ने प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल और जनसंख्या के साथ ही राज्य के विकास के लिए मंत्रिपरिषद की संख्या पंद्रह प्रतिशत के स्थान पर बीस प्रतिशत करने की मांग की है भारत में संविधान के अनुसार किसी भी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए इस प्रावधान के मुताबिक छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या तेरह से अधिक नहीं हो सकती है श्री बघेल ने कहा कि राज्य का क्षेत्रफल तमिलनाडु तेलंगाना बिहार और पश्चिम बंगाल से भी अधिक है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बत्तीस प्रतिशत अनुसूचित जाति की बारह प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या करीब पैंतालीस प्रतिशत है ऐसे में भौगोलिक क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन के सुचारू संचालन के लिए मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाना जरूरी है मुख्यमंत्री राजनांदगांव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि किसानों का हित उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है राज्य सरकार ने किसानों की लिंकिंग की राशि लौटाकर दस दिनों में ही अपने वादे को पूरा किया है श्री बघेल ने कल डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद छिरपानी में आयोजित समारोह में यह बात कही उन्होंने कहा कि मां बम्लेश्वरी के आर्शीवाद से प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर बढ़ रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उपज का अच्छा मूल्य मिलने से उनके पास खेती में निवेश करने के लिए पूंजी आएगी और खेती भी उन्नत होगी

मुख्यमंत्री ने बताया कि टाटा इस्पात संयंत्र के लिए बस्तर जिले के लोहांडीगुड़ा क्षेत्र में किसानों की अधिग्रहित करीब बयालीस सौ एकड़ जमीन लौटाने का निर्णय लिया गया है प्रोटेम स्पीकर राज्य विधानसभा चुनाव के साथ गठित हुई नई विधानसभा का पहला सत्र आगामी चार जनवरी से शुरू हो रहा है इसी दिन नव नियुक्त विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी इसके मद्देनजर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामपुकार सिंह को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है श्री सिंह तीन जनवरी को सुबह दस बजे राजभवन में प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ लेंगे इसके बाद वे चार जनवरी को विधानसभा में सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे श्री सिंह सबसे वरिष्ठ विधायक हैं और आठवीं बार विधानसभा के सदस्य चुने गए हैं पहली बार वे वर्ष उननीस सौ सतहत्तर में पत्थलगांव से विधायक निर्वाचित हुए थे गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का यह संत्र ग्यारह जनवरी तक चलेगा इस दौरान कुल छह बैठकें होंगी इसी सत्र में विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा सात जनवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा वहीं नौ दस और ग्यारह जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा होगी इसके अलावा इस सत्र में वित्तीय कार्य के साथ ही अन्य शासकीय कार्य र्क संपादित किए जाने की भी संभावना है

जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा प्रसारित किया जाएगा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 इस बार के अंक में कोरिया जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी

इसका उद्घाटन सांसद कमलादेवी पाटले ने किया यह छत्तीसगढ़ का पांचवां पासपोर्ट सेवा केंद्र है इस केंद्र का लाभ जांजगीर चांपा के साथ ही रायगढ़ जिले को भी मिलेगा वर्षांत कार्यक्रम श्रंखला नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि किसानों की आय बढ़ाने की किसी भी योजना का उद्देश्घ्य कृषक समुदाय के जरूरतमंद वर्गो को लाभ पहुंचाना होना चाहिए आकाशवाणी से विशेष भेंटवार्ता में नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि ऐसी योजना के दायरे में छोटे और सीमांत किसानों के साथ भूमिहीन किसानों को भी लाना होगा उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान उतार चढ़ाव से निकलकर ठोस वृद्धि दर हासिल की है और मुद्रास्फीति को भी नियंत्रण में रखा है डॉक्टर कुमार से यह भेंटवार्ता समाचार सेवा प्रभाग के वर्षात कार्यक्रम श्रृंखला के तहत आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर रात साढ़े नौ बजे सुनी जा सकती है नगरीय प्रशासन समीक्षा बैठक नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं आज रायपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में श्री डहरिया ने कहा कि निराश्रित पेंशन सामाजिक सुरक्षा पेंशन और रिटायर्ड कर्मचारियों को नियमित मासिक पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए साथ ही निकाय के कर्मचारियों को भी प्रतिमाह समय पर वेतन भूगतान करें बैठक में उन्होंने अध्रे निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने और स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने कहा मुख्य सचिव बैठक मुख्य सचिव अजय सिंह ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माण कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने आज जगदलपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही सड़कों तथा पुलों के निर्माण कार्यो की प्रगति की समीक्षा की बैठक में श्री सिंह ने सड़कों और पुलियों का निर्माण कार्य समय सीमा में पूरा करने कहा लोक निर्माण विभाग द्वारा पल्ली बारसूर मार्ग और सुकमा जिले में सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की पहुंच के लिए सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा निःशुल्क कोचिंग रायपुर जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रो को रेलवे भर्ती बोर्ड बैंकिंग कर्मचारी चयन प्रवेश परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी इसके लिए दस जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं इसके तहत अनुसूचित जाति के लिए तीस अनुसूचित जनजाति के लिए पचास और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बीस सीटें आरक्षित हैं इसमें वर्गवार तैंतीस प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए हैं अभ्यर्थियों का चयन प्रवेश परीक्षा और काउंसिलिंग के आधार पर किया जाएगा इस योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी का स्नातक स्तर पर पचास प्रतिशत अंक होना आवश्यक है यह प्रशिक्षण आवासीय है इसमें विद्यार्थियों को भोजन आदि के लिए शिष्यवृत्ति भी प्रदान की जाएगी फैक्ट्री आग राजधानी रायपुर स्थित उरला की एक फैक्ट्री में आज सुबह आग लग गई इस आगजनी में फैक्ट्री में लगी दोना पत्तल की मशीनें जलकर खाक हो गईं और लाखों रूपये का दोना पत्तल भी पूरी तरह जल गया आगजनी की सूचना मिलने पर दमकल की चार गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया घटना के समय फैक्ट्री में काम कर रहे सभी मजदूर सुरक्षित हैं मौसम प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान उत्तरी छत्तीसगढ़ में शीतलहर चलने की चेतावनी दी है मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी के कारण वहां से आ रही शुष्क हवाओं से रात के तापमान में गिरावट आएगी इस बीच प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान चार दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया

दर्ग जिले के मुजगहन गांव में विषाक्त भोजन खाने से एक किशोरी की मौत हो गई वहीं परिवार के पांच अन्य सदस्यों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है जांजगीर चांपा जिले में खाद्य विभाग की टीम ने बिचौलियों से करीब साढ़े छह सौ क्विंटल धान जब्त किया है रायगढ़ सत्र न्यायालय में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता मिशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया